प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नये अवसर उत्पन्न कर रहे हैं इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी

व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो अगर उसमें खेती को कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा जब ऐसी बात है तो हम खेती को इंटरप्राइज क्यों नहीं कहते बालासाहेब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुथव किया उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही बालासाहेब विखे पाटिल के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है आज खेती को किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने इंटर्याइजशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा स्थानीय मॉडलों का उदाहरण देते हए उन्होंने महाराष्ट्र में चीनी उद्योग ग्जरात में द्ग्ध उद्योग और पंजाब तथा हरियाणा में गेंहू उत्पादन में हुई क्रांतियों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा दौर भी आया जब देश में जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं थे उन्होंने कहा कि इस दौर में सरकार की प्राथमिकता फसलों की पैदावार बढ़ाने की थी इसीलिए विमिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से अधिक उत्पादन किया और देश की खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी की श्री मोदी ने कहा कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है चाहे वो एमएसपी को लागू करने एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो यूरिया की नीम कोटिंग हो बेहतर फसल बीमा हो सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को बहुत फायदा मिला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को छोटे छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं कोई बिचौलिया नहीं इतना ही नहीं कोल्ड चेन्स मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इफ्रास्ट्रकचर पर भी अमूतपूर्व काम हुआ है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल बीस राज्यों को खुले बाजार की उधारी के माध्यम से अड़सठ हजार आठ सौ पच्चीस करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उगाहने की अनुमति दे दी है वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह अतिरिक्त उधारी की अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आर्धे प्रतिशत पर उन राज्यों के लिए है जिन्होंने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए दो विकल्पों में से पहला विकल्प चुना था इस वर्ष सत्ताईस अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो विकल्प प्रस्तुत किए गए थे तथा उन्तीस अगस्त को राज्यों को इसकी जानकारी दी गई थी बीस राज्यों ने पहला विकल्प चुना था आठ राज्यों ने अभी विकल्प नहीं चुना है जिन राज्यों ने पहला विकल्प चुना है उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेष व्यवस्था का लाभ होगा जिसमें राजस्व की कमी को उधारी से पूरा किया जा सकता है इस मद में राज्यों को हुई कुल राजस्व हानि लगभग एक लाख दस हजार करोड़ रुपये है कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा सुधारों की गति में छूट देने के उद्देश्य से दो प्रतिशत अतिरिक्त उधारी में से आधे प्रतिशत के अंतिम भुगतान की अनुमति दी गई व्यय विभाग ने इस वर्ष सत्रह मई को राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधारी सीमा की अनुमति दी थी

श्री जावडेकर ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर त्योहार अग्रिम ऋण तथा सरकार द्वारा घोषित किए गए अन्य उपायों से अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पिछले छब्बीस दिनों में कोरोना के सकिय मामलों में चौवालिस प्रतिशत की कमी आने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि संक्रमण में कमी आने के बावजूद लगातार सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक की प्रकिया को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में अन्य तमाम गतिविधियां भी श्रू हो जायेंगी ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के संबंध में लगातार जागरूक किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से प्रदेश के हर जिले में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर पर लगातार नजर रखने को कहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार किए जाने की आवश्यकता है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है उत्तराखंड की भी एक मात्र राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव की घोषणा की गई है जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए मतदान अगले महीने की नौ तारीख को होगा केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भारतीय जनता पार्टी के अरूण सिंह समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव कांग्रेस के राज बब्बर और बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह सहित ग्यारह सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष नवम्बर माह में समाप्त हो रहा है चुनाव की अधिसूचना बीस अक्तूबर को जारी की जाएगी सत्ताईस अक्टूबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी और अगले दिन पर्चो की जांच की जायेगी दो नवम्बर तक पर्चे वापस लिये जा सकेंगे प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए सात में से छह सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये हैं नौगावां सादात से श्रीमती संगीता चौहान बुलन्दशहर से श्रीमती ऊषा सिरोही दूंडला से प्रेमपाल धनगर बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार घाटमपुर से उपेन्द्र पासवान और मल्हनी से मनोज सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है देवरिया सीट पर अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है प्रदेश सरकार ने राज्य में कंटेन्मेंट जोन के बाहर कल से सिनेमा हॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं